अनलॉक तीन के तहत पहली अगस्त से गतिविधियों को बढाने की श्रुआत होगी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं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 पांच अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा स्वतंत्रता दिवस समारोहों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर तथा स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकता है

वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को सीमित आधार पर अनुमति होगी जिसे चरणबद्व ढंग से बढाया जाएगा मेट्रो रेल सिनेमा हॉल तरणताल मनोरंजन पार्क थियेटर और बार के अलावा अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश स्थिति के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं

वित्त मंत्रालय ने कल इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की वंदे भारत मिशन केन्द्र सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत विदेषों से भारत के नागरिकों को स्वदेष लाने का सिलसिला जारी है

विमानतल पर कोरोना संक्रमण की जांच के बाद सभी यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया इन यात्रियों को नियमानुसार क्वारेंटाइन किया जाएगा लॉकडाउन माइनस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की भावी रणनीति लॉकडाउन माइनस होना चाहिए अर्थात ऐसी रणनीति बनाई जाये जिसमें बिना लॉकडाउन किये कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके

उन्होंने कहा कि त्वरित गति और बड़ी संख्या में कोरोना की जांच करने के लिए एंटीजन टेस्ट को भी बढ़ावा दिया जाये रोको टोको अभियान इंदौर नगर निगम कोरोना संक्रमण रोकथाम के नियमों का पालन करवाने के लिए रोको टोको अभियान चलाएगा

गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल भोपाल में कहा कि जेलों में कोरोना संकमण प्रसार को रोकने के लिए कैदियों के कोरोना टेस्ट के बाद ही उन्हें जेल की बैरिकों में रखा जायेगा

इन्दौर राहत इंदौर जिला प्रषासन ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए षहर की दुकानों को एक दिन दाएं एक दिन बाएं नियम से आगामी पांच दिनों के लिए राहत र्दे दी है

हालांकि दुकानदारों और ग्राहकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए नियम का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा

उन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत शामिल सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे योजना के संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट न होने अथवा इनके संबंध में केन्द्र सरकार की अन्य किसी सहायता के लिए प्रारूप बनाकर प्रस्तुत करें जिससे प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जा सके

इस फंड से प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस साइलो फ़ुडप्रोसेसिंग यूनिट ई ट्रेडिंग प्लेटफार्म रायपिनिंग चेंबर स्मार्ट एग्रीकल्वर आर्गनिक आदान और सप्लाई चेन संबंधी अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है मौसम मौसम विभाग ने शहडोल रीवा सतना दमोह सागर छतरपुर टीकमगढ़ नरसिंहपुर बैतूल हरदा सहित कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है गौरतलब है कि काफी इंतजार के बाद राजधानी भोपाल में कल हल्की बारिश हुई वहीं रायसेन में करीब दो सप्ताह बाद वर्षा हुई जिससे किसानों को राहत मिली कई अन्य जिलों से भी रूक रूकर बारिश होने की खबर है

इसमें सभी प्रमुख मस्जिदों के ईमाम और विशिष्ट नागरिक शामिल हुए

जिला प्रशासन ने यह निर्णय कोरोना संकमण के प्रभाव को देखते हुए लिया है